वहीं धार्मिक स्थलों पर एक बार में पांच से अधिक लोक इकट्ठे नहीं होंगे शादी और सगाई समारोह आदि में दोनों पक्षों के दस दस व्यक्ति से ज्यादा शामिल नहीं हो सकेंगे

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल प्रदेश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा करते हुए ये जानकारी दी उन्होंने लोगों से घरों में ही रहकर त्यौहार मनाने की अपील करने पर जोर दिया बैठक में जबलपुर और बैतूल जिलों की समीक्षा की गई श्री चौहान ने कहा कि जिन कॉलोनी और मोहल्लों में कोरोना के ज्यादा मामले आ रहे हैं वहां लॉकडाउन लगाया जा सकता है साथ ही उन्होंने कहा कि सामान्य लॉकडाउन सप्ताह में एक ही दिन रहेगा

इसके बाद ग्वालियर में आज शाम से एक सप्ताह तक पूरी तरह लॉकडाउन करने का फैसला लिया गया है इस दौरान किसी भी तरह के समारोह का आयोजन नहीं होगा जिले की सीमाएं भी सील रहेंगी

मुरैना कलेक्टर प्रियंका दास ने बताया कि जिले में संदिग्ध लक्षणों वाले लोगों के एक हजार सेंपल इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा गया है कोरोना रोकथाम अभियान इंदौर जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ने के कारणों और रोकथाम के उपायों पर विचार करने के लिए कल जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई सांसद षंकर लालवानी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में सभी विधायक और जिला प्रषासन के अधिकारी मौजूद थे

कल गूगल कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचई से वीडियों कांफ्रेंसिंग के जरिए बातचीत के दौरान उन्होंने यह बात कही प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय टेक्नोलाजी अपनाने और उसके अनुरूप अपने को ढालने में बहत तेज हैं श्री मोदी और श्री पिचई ने टेक्नोंलाजी के जरिए आम लोगों नौजवानों और उद्यमियों के जीवन में बदलाव लाने सहित अनेक मुद्दों पर बातचीत की श्री मोदी ने सरकार द्वारा हाल में कृषि क्षेत्र में सुधार और रोजगार के नये अवसर पैदा करने के बारे में भी चर्चा की बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने ऐसी वर्चअल प्रयोगशालाओं का सुझाव दिया जिनका उपयोग भारतीय विद्यार्थी और किसान कर सकें

संभागायुक्त कवीन्द्र कियावत ने विधानसभा में कोरोना से बचाव और सैनिटाइर्जेशन की तैयारियों के संबंध में कल समीक्षा बैठक ली इस दौरान संभागायुक्त ने कहा कि विधानसभा मुख्य भवन और परिसर के सैनिटाइजेशन स्वास्थ्य सुविधाएं प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्क्रीनिंग जैसी व्यवस्था की जाएगी

लोक निर्माण विभाग मंत्री गोपाल भार्गव ने कल मंत्रालय में पदभार ग्रहण किया और विभाग के अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों पर चर्चा की इसी तरह वित्त और वाणिज्यिक कर मंत्री जगदीश देवड़ा ने भी पदभार ग्रहण करने के बाद अधिकारियों से विभागीय गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने मछ्आ कल्याण और मत्स्य विकास विभाग का भी कार्यभार ग्रहण किया विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने विभाग को रोजगारपरख बनाने के निर्देश दिये महिला और बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने पदभार गहण करने के बाद भिंड जिले के अजनोल की रोशनी भदौरिया को विभाग का ब्राण्ड एम्बेसेडर बनाने की घोषणा की वहीं ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पदभार ग्रहण कर अधिकारियों से विभागीय गतिविधियों की जानकारी ली किसान बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में गेहूं के रिकार्ड उपार्जन के लिए किसानों और कृषि विभाग को बधाई देते हुए कहा है कि कोरोना के कठिन समय में भी उन्होंने दिखा दिया है कि अगर ठान लिया जाये तो कठिन से कठिन काम पूरा किया जा सकता है वीडियो कॉन्फ्रेसिंग और फेसब्क लाईव के माध्यम से किसानों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री किसानों से कहा कि उनके सहयोग से ही प्रदेश के गेहूं उपार्जन में देश में प्रथम रहा है श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने भी खरीदी केन्द्रों को बढ़ाकर साढ़े चार हजार कर दिया था और बारदानी की कमी होने के कारण प्लास्टिक के बैग भी इस्तेमाल किये गये मुख्यमंत्री ने कुछ किसानों और समिति प्रबंधकों से भी चर्चा की प्रतिमा अनावरण प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय कैलाश जोशी की प्रतिमा का अनावरण आज देवास जिले के हाटपिपलिया में किया जायेगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज दोपहर में स्वर्गीय जोशी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे मुख्यमंत्री इसके अलावा देवास जिले में कुछ अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे इसके बाद वे आगरमालवा जायेंगे जहां बाबा बैजनाथ मंदिर में दर्शन के बाद विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लोगों को राशि और प्रमाण पत्र वितरित करेंगे मौसम राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश का दौर जारी है भोपाल में कल दिनभर उमसभरी गर्मी के बाद शाम को तेज बारिश हुई मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में बारिश की संभावना व्यक्त की है भोपाल जबलपुर और होशंगाबाद संभागों के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है